केन्द्र सरकार ने चार मई के बाद लॉकडाउन दो सप्तााह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें देने की घोषणा की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ ज़िलों को रेड ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है और क्षेत्र के अनुसार केन्द्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि ग्रीन क्षेत्रों में एकत्र होने को छोड़कर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी उन्होंने कहा कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत चरणबद्व तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है जहां अधिक से अधिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी हिमाचल लॉकडाउन मुख्यमंत्री जयराम ने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान दुकानों को कुछ शर्तो के साथ खोला जा रहा है मगर लोगों को सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा वे कल शिमला से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे जयराम ठाकुर ने बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के दौरान तय मानदंडों का पालन कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके गाँव व वार्ड में प्रवेश करने वाले लोग होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करें इस बीच प्रदेश में लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत आज से कफ्यू ढील का समय पांच घंटे कर दिया गया है इस दौरान ढाबे व रेस्त्रां खुले रहेंगे लेकिन वहां बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी सैलून और स्पा आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे सभी जिलों में बाजार खोलने के लिए अलग अलग नियम तय किए गए हैं

कोरोना हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है मौजूदा समय में राज्य में कोवल एक ही कोरोना संक्रमित मरीज रह गया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लॉकडाउन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश के सभी अस्पतालों में आज से ओपीडी शुरू दिनभर खुलेंगी दवा दुकानें

दिव्य हिमाचल लिखता है आज से पांच घंटे गुलजार होंगे बाजार सभी जिला उपायुक्तों ने नोटिफिकेशन जारी कर समय किया निर्धारित हिमाचल दस्तक के अनुसार सरकारी दफ्तरों के लिए अब कफ्यू पास जरूरी नहीं घर खेती और सेब दुलाई के लिए एसडीएम के परमिट पर बाहर से ला सकते हैं लेबर शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है सीमावर्ती चैक पोस्ट पर होगा लू का टैस्ट आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल शीघ्र बनेगा कोरोना मुक्त राज्य अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल कोरोना मुक्त होने से अब एक कदम दूर भेटा में भर्ती ऊना का मरीज भी हुआ ठीक दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल में एक और मरीज ठीक कोरोनामुक्त होने से एक कदम दूर हिमाचल दस्तक के मुताबिक कोरोना मुक्ति की ओर प्रदेश राज्य में केवल एक मरीज बचा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

नमस्कार